हाथ और मुंह साफ रखें कुषि मंत्री सरकार ने कहा है कि कृषि संबंधी स्धार किसानों के हितों को ध्यान में रखकर किए गए हैं नई दिल्ली में कल कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों को मंडियों की जंजीरों से मुक्त कराना चाहती है ताकि वे अपनी उपज मंडी से बाहर कहीं भी किसी को भी मनचाहे मूल्य पर बेच सकें

कृषि मंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी जमीन पर उद्योगपति कब्जा नहीं कर पाएंगे उन्होंने कहा कि ग्जरात महाराष्ट्र हरियाणा पंजाब और कर्नाटक में ठेके पर खेती लम्बे समय से होती रही है और वहां ऐसा कभी नहीं ह्आ

इस अवसर पर म्ख्यमंत्री ने कहा कि कोविड से संक्रमित व्यक्ति की मॉनिटरिंग करना जरूरी है साथ ही यह भी स्निश्चित किया जाए कि संबंधित के अन्सार स्विधाजनक समय पर सम्पर्क किया जाए उन्होंने कहा कि फीडबैक लेने के दौरान आइसोलेशन में रह रहे व्यक्ति को कम से कम परेशानी हो

सिस्टम द्वारा पूछे गए सवालों की प्रतिक्रिया के अन्सार सभी समस्याएं और जानकारियां सिस्टम में दर्ज हो जाएंगी इस प्रणाली के माध्यम से लक्षण टेस्टिंग और फॉलो अप से सम्बन्धित सवाल प्रछे जाते हैं उनके उत्तरों के अन्सार सभी समस्याओं को दूर करे के लिए सम्बन्धित नोडल अधिकारियों को सूचित कर तत्काल मेडिकल सहायता उपलब्ध करायी जाएगी

साथ ही उत्तराखण्ड का मूल या स्थायी निवासी होना अनिवार्य है समीक्षा बैठक पंचायतीराज मंत्रालय के सचिव ने प्रदेश के पंचायतीराज विभाग की प्रगति को सराहनीय बताया केन्द्रीय पंचायती राज सचिव स्नील क्मार और संय्क्त सचिव ए पी नागर ने उत्तराखंड पंचायतीराज विभाग की समीक्षा की केन्द्रीय पंचायती राज संचिव ने सर्वेयर जनरल ऑफ इण्डिया के साथ स्वामित्व योजना पर चर्चा करने के साथ ही म्ख्य सचिव ओम प्रकाश के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की

मुख्य सचिव मौसम मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने आपदा प्रबन्धन से जुड़े अधिकारियों को सभी जिलों दवारा की गयी संसाधनों को बढ़ाने और अतिरिक्त संसाधनों की मांग को तत्काल पूरा करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि शीतलहर के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था की जाए और रैनबसैरों की क्षमता आवश्यकतान्सार बढ़ाई जाए शीतलहर से निपटने के लिए विभागों और जिला स्तर पर की गयी तैयारियों के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि जिन जिलों में बर्फ के चलते सड़क जाम की समस्या आती है वहां पर पर्याप्त मात्रा में स्नोफॉल मशीन जेसीबी और प्रशिक्षित कार्य बल उपलब्ध कराया जाए मुख्य सचिव ने सभी विभागों को रिमोट एरियाज में सूचना बोर्ड पर आपातकालीन स्थिति के लिए महत्वपूर्ण अधिकारियों के मोबाइल नंबर चस्पा करने के निर्देश दिए बैठक में प्रदेश के मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने प्रेजेन्टेशन के माध्यम से शीतलहर से मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी कोहरा जैसी घटनाओं की संभावना की जानकारी दी उन्होंने इनसे निपटने के लिए कारगर प्रयासों पर प्रकाश डाला

राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है

यह स्थिति अगले तीन चार दिनों तक बनी रह सकती है

मौसम विभाग ने इस अवधि में लोगों को सर्दी से बचाव के लिए जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है राज्य सरकार को भी आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है आज भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाये रहे स्बह खिली ध्रप के बाद देहराद्रन अल्मोड़ा चंपावत सहित अन्य क्छ जिलों में बादल छाने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई मख्य सचिव बैठक म्ख्य सचिव ओमप्रकाश ने उद्योग राजस्व विभाग शहरी विकास पंजीकरण विभाग वित्त विभाग श्रम विभाग वन विभाग खनन विभाग खादय आपूर्ति विभागों को तेजी से ईज ऑफ ड्ईंग बिजनेस में किये जाने वाले अपेक्षित स्धारों को पूरा करने के निर्देश दिये है

उन्होंने जिला स्तर पर वन नेशन वन राशन कार्ड ऊर्जा सेक्टर में सुधार नवीनीकरण की आवश्यकता में सुधार समेत विभिन्न बिन्दुओं पर सम्बन्धित विभागों को निर्धारित टाइमलाइन में सुधारों प्रा करने के निर्देश दिए मुख्य सचिव ने शिकायतों का बेहतर निस्तारण के लिए सचिव समिति के स्तर पर समाधान करने के निर्देश भी दिये

कपकोट तहसील के तमाम गांवों में गलघोंट् की दस्तक के बाद टीकाकरण अभियान श्रू किया गया है आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दस साल तक के बच्चों का टीकाकरण किया टीम घर घर जाकर टीकाकरण कर रही है इसके अलावा लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारी भी दी जा रही है लोगों को सरकार की गाइडलाइन के अन्सार शारीरिक दूरी मास्क पहनने और साब्न से हाथ धोने की सलाह दी जा रही है मुख्य चिकित्साधिकारी डा बीडी जोशी ने कहा कि गलघोट्र के टीके सभी बच्चों को लगाए जा रहे हैं उन्होंने अभिभावकों से इस अभियान का लाभ उठाने का आग्रह किया है

पर्वत विश्व की जनसंख्या के आधे हिस्से को रोजमर्रा की जरूरत का स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराते हैं